शास्त्रीय संगीत उत्सव इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में राज्य भाषा और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित पांच दिवसीय शिमला शास्त्रीय संगीत उत्सव का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि संगीत और नृत्य प्राचीन काल से हमारे समाज का अभिन्न अंग रहा है